कांग्रेस के नौ और जनता दल सेक्यूलर के तीन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में कल त्यागपत्र दिए और बाद में राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात की

वे इस समय अमरीका में हैं उनके आज स्वदेश लौटने की संभावना है विधानसभा अध्यक्ष रमेश कृमार ने बताया कि सरकार गिरेगी या बचेगी इसका फैसला सदन में ही होगा

सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिये आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है वहीं कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी जिसमें कर्ज माफी बिजली कटौती अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी प्रबोधन विधानसभा में कल से शुरू हुए विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है पहले दिन विधायकों का संयुक्त फोटो सेशन आयोजित किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है कि नया मध्यप्रदेश बनाने और जनता की अपेक्षाएँ पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये उन्होंने कहा कि देश में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप हमें प्रदेश को बनाना है उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार प्रतिनिधि को संसदीय परंपराओं नियम प्रक्रियाओं का हमें गहन अध्ययन करना चाहिए जिससे वह जनता और प्रदेश हित में बेहतर भूमिका निभा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान ने विधायिका के कर्त्तव्यों और अधिकारों को बेहतर ढंग से परिभाषित किया है हमें संविधान की आत्मा को आत्मसात कर अपने देश प्रदेश और क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि विधायक कम शब्दों में अपनी बात रखें उन्होंने विधायकों से संसदीय नियम और परम्पराओं के बारे में भी जानकारी रखने की बात कही है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के त्रि स्तरीय पंचायतों के परिसीमन के संशोधित कार्यकम को देखते हुए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम स्थगित किया गया है

तब तक के लिये मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम स्थगित रहेगा इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं छात्र संघ शपथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों को अच्छी और तकनीकी शिक्षा देने की तरफ अग्रसर है श्री शर्मा कल भोपाल में एक स्कूल में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने नए प्रवेश सत्र में छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी छात्र नई ऊर्जा से पढ़ाई में जुट जाएं अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तो सफलता मिलती ही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों को अच्छी और तकनीकी शिक्षा देने की तरफ अग्रसर है अब कोई भी छात्र चाहे वो किसी भी वर्ग या धर्म का हो सबको शिक्षा के समान अधिकार के तहत प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी फर्जी रिर्पोट धार जिले में गंभीर बीमारीयों से ग्रसित मृत व्यक्तियों की दुर्घटना की फर्जी रिर्पोट करवाकर बीमा कम्पनियों से करोडो रूपये की क्लेम राशि हडपने वाले और मृतको के नाम महगें वाहन फाइनेंस करवाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है

आरोपियों में डाक्टर और वकील भी शामिल हैं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया की मानव अधिकार आयोग कार्यकर्ता अजय व्यास के शिकायत आवेदन और समाचार पत्रों की खबरो के आधार पर जांच की कार्यवाही करने पर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में हो रही लगातार बारिश से ओंकारेश्वर बांध के छह गेट खोल दिये गये हैं श्योपुर जिले में सीप नदी पर बना बंजारा डेम लबालब भर गया है वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में पठा पुल क्षतिग्रस्त होने से सागर भोपाल सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की यह सातवीं जीत है

इसी के साथ वे एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा

एक अन्य मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दस रनों से हरा दिया

मंगलवार को सेमीफाइल में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा

तो वहीं कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये